कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूर्व निर्धारित परीक्षाएं ले सकेंगे स्कूल और कॉलेज

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को ग्यारह अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है हालांकि पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं स्कूल और कॉलेज प्रबंधन जरूरत के अनुसार कोविड उन्नीस के गाईडलाइन का पालन करते हुए ले सकेंगे मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया गृह विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार तीस अप्रैल तक कोई सरकारी और निजी कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा यह रोक विवाह श्राद्ध और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगी ऐसे आयोजनों में लोग सीमित संख्या में शामिल हो सकते हैं अधिसूचना के अनुसार सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी इसके साथ ही कार्यालय प्रमुख अपने विवेक से कार्यालय के समय और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर निर्णय ले सकेंगे बैठक में भीड़भाड़ वाले स्थलों जैसे फूड़ कोर्ट जलपान गृह सब्जी मंडी बस पड़ाव और रेलवे स्टेशनों पर लोगों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल को प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों से कोरोना गाईडलाईन का सख्ती से पालन करने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है पटना में आयोजित एक बैठक में उन्होंने लोगों से कोरोना से सचेत रहने की अपील करते हुये कहा कि इससे संक्रमण के फैलाव रोकने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आरटीपीसीआर जांच को और बढ़ाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि जितनी अधिक जांच होगी कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण को लेकर विभाग अलर्ट पर है और लोगों को कोरोना के दिशा निर्देश के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का अब कोई नया पंजीकरण नहीं होंगा स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि क्छ अपात्र लाभार्थी टीकाकरण के लिए इस श्रेणी में अपने नाम पंजीकृत करा रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है उन्होंने कहा कि राज्यों के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक में मुद्दे पर चर्चा हुई इस समूह की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में नए पंजीकरण तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते हैं श्री भूषण ने बताया कि पैंतालीस वर्ष और उससे ऊपर की आयु के लोगों के लिए पंजीकरण को विन पोर्टल पर जारी रहेगा उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को जल्दी से जल्दी टीका लगाने को कहा प्रदेश में अब तक चौंतीस लाख अठारह हजार दो सौ सत्ताईस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक लाख इकहत्तर हजार चार सौ उनसठ लोगों को टीके दिये गये अब तक दिये गये कुल टीकों में से उनतीस लाख पचपन हजार छह सौ बीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख बासठ हजार छह सौ सात लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक सात करोड़ चौवालीस लाख से अधिक लोगों को टीके दिए जा चुके हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान आठ सौ छत्तीस कोरोना संक्रमण की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग ने अनुसार पटना जिले में सर्वाधिक तीन सौ उनसठ पॉजिटिव मामले मिले हैं सिवान जिले में अस्सी गया में बयालीस मुजफ्फरपुर में तीस भागलपुर में उनतीस जहानाबाद और कटिहार में इक्कीस इक्कीस मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आये हैं

कोविड और इससे होने वाली मौत में बढोत्तरी वाले ग्यारह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करने को भी कहा गया है प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने की अपील की है इधर पटना के जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए रथ रवाना किया उप मुख्यमंत्री सह वाणिज्य कर मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में बत्तीस हजार चौवन करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बाईस दशमलव पांच फीसदी अधिक है उन्होंने पटना में कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास और आत्मनिर्भर बिहार के लिए राजस्व की बड़ी भूमिका है श्री प्रसाद ने कहा कि राजस्व संग्रह की इस उपलब्धि में कारोबारियों और विभाग का योगदान महत्वपूर्ण है उन्होंने अधिकारियों को राजस्व संग्रह में और तेजी लाने का निर्देश दिया जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्यों को हर हाल में पन्द्रह मई तक पूरा करने का निर्देश दिया है सुपौल जिले के वीरपुर में अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि बाढ़ से कम से कम क्षति हो इसकी पूरी व्यवस्था विभाग को करनी चाहिए श्री झा ने कहा कि नदियों में जल संचयन और प्रवाह के अध्ययन के लिए केन्द्र बनाया जायेगा इस पर लगभग एक सौ आठ करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है प्रदेश में पांच जून से पौधा रोपण के लिए अभियान चलाया जायेगा चौंसठ दिनों के इस अभियान में पांच करोड़ पौधे लगाये जायेंगे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि इस अभियान में मनरेगा कर्मियों और जीविका दीदियों के साथ आम लोगों का भी सहयोग लिया जायेगा राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में तापमान बढ़ने के साथ गर्मी बढ़ती जा रही है कहीं कहीं पर तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है ये बदलाव हवा के रूख के कारण देखा जा रहा है प्रदेश में अभी बारिश का कोई सिस्टम नहीं बन रहा है इधर मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार के अनुसार पछुआ हवा के प्रभाव से अधिकांश भागों में गर्मी में बढ़ोतरी हो सकती है

फार्म भरने की अंतिम तिथि दस अप्रैल निर्धारित है ईस्टर का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं इधर प्रदेश में भी ईस्टर का त्योहार मनाया जा रहा है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को शुभकामनाए दी हैं गोपालगंज जिले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को पांच साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई वहीं जमुई जिले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक नाबालिग के साथ द्ष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीवान बड़हरिया मुख्य मार्ग बड़हनी गांव के पास से पुलिस ने पांच सौ सत्तर कार्टन विदेशी शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है बरामद शराब की कीमत करीब पचास लाख रुपये है वहीं सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो सौ अठासी बोतल विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के डेहरी मुफ्फसिल थाना के जीटी रोड पर सशस्त्र अपराधियों ने एक बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनी के दो कर्मी से लगभग सात लाख रुपये लूट लिए सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात सौ बहत्तर पर सड़क दुर्घटना में माँ बेटी की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीरपहाड़ इलाका में छापेमारी कर पुलिस ने एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है मौके से एक देसी पिस्तौल चार अर्द्ध निर्मित पिस्तौल एक बेस मशीन तीन कारतूस और शस्त्र बनाने की सामग्री बरामद की गयी है जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के कैंडी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने मोटरसाईकिल चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के एफसीआई पुलिस ओपी क्षेत्र के बीहट गांव में पिछले दिनों हुये डकैती के मामले में पांच डकैतों को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार डकैतों के पास से चार पिस्तौल बावन ग्राम सोन लगभग एक सौ ग्राम चांदी का आभ्षण पन्द्रह हजार रूपये नकद और छह मोटरसाईकिल बरामद किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सभी अखबारों ने ग्यारह अप्रैल तक स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रखने के राज्य सरकार के फैसले को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है अखबारों ने कोरोना से जुड़ी अन्य जानकारी को भी प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने राज्य सरकार के फैसले को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थान ग्यारह तक बंद दैनिक जागरण ने सड़क हादसे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है सड़क दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को पांच लाख दैनिक भास्कर ने छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये शीर्षक लगाया है नक्सली हमले नाकाम किये पांच जवान शहीद प्रभात खबर की सुर्खी है नगर निकाय क्षेत्रों में तीस अप्रैल तक पूरी होगी नालों की उड़ाही दैनिक आज का शीर्षक है बिहार के श्रमिकों की बढ़ी मजदूरी राष्ट्रीय सहारा ने विधानसभा में हुये हंगामे से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है विधानसभा की आचार समिति ने शुरू की सदन में हुई घटना की जांच

कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूर्व निर्धारित परीक्षाएं ले सकेंगे स्कूल और कॉलेज